केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के चौदह जिलों में स्थापित किये जायेंगे

और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गोपाष्टमी का त्योहार

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदूषण के कारण यह स्थिति बनी है पटना में पिछले दस दिनों में हवा में प्रदूषण का स्तर चार गुना बढ़ गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स चार सौ से अधिक हो गया है विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्कता बरतने और बाहर मास्क लगाकर निकलने को कहा है विशेष रूप से दमा और अस्थमा से ग्रसित व्यक्तियों को सावधान रहने को कहा गया है इस बीच राज्य में ठंड का असर भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है मौसम विज्ञान केंद्र के अूनसार अगले एक हफ्ते तक विभिन्न प्रभावों के कारण तापमान में उतार चढ़ाव होता रहेगा अरब सागर की ओर बना एक सिस्टम धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है जिससे आने वाले दो दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है नवम्बर के दूसरे सप्ताह से प्रदेश भर में ठंड का असर और बढ़ेगा खाद्य विनियामक फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई ने सुरक्षित खाद्य को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है जिसके अनुसार स्कूलों के आसपास जंकफूड के प्रचार पर रोक लगाने का प्रस्ताव है इसमें कहा गया है कि स्कूल परिसर के पचास मीटर के दायरे में अधिक वसा नमक और चीनी वाले खाद्य उत्पादों का विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा न ही इन्हें मुफ्त में बांटा जा सकेगा ड्राफ्ट में पौष्टिक खाद्य पदार्थ बेचने वाले निर्माताओं को बच्चों के खेल और अन्य कार्यक्रम को प्रायोजित करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड़डा कल एक दिवसीय दौरे पर पटना आयेंगे श्री नड़डा स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे साथ ही पार्टी के सक्रिय सदस्यों के अलावा कोर कमिटी और बिहार विधानमंडल के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे जेपी नड्डा के स्वागत और आयोजन का सफल बनाने के लिये कल भाजपा की एक समीक्षा बैठक हुयी जिसमें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को शिक्षक नियोजन नये शिड्यूल के तहत निर्धारित समय से कराने का निर्देश दिया है अधिकारियों को कहा गया है कि वे शिक्षक नियोजन की लगातार निगरानी कर समय पर नियोजन प्ररा करवायें हाई स्कूलों में तीस हजार से अधिक शिक्षकों का नियोजन होना है जिसमें पटना में सबसे अधिक एक हजार इकतालीस शिक्षकों की नियुक्ति होगी नये शिड्यूल के अनुसार तीस नवम्बर तक मेधासूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के लिये बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियूक्ति की जायेगी बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी बीआरडीएस के तहत होने वाली इन बहालियों में संविदा के आधार पर रिक्तियों को भरा जायेगा इसके लिये मनरेगा आयुक्त ने सभी जिलों से कोटिवार रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है ब्यौरा मिलने के बाद बहाली शुरू की जायेगी केंद्र सरकार ने राज्य में और अधिक संख्या में औद्योगिक कलस्टर स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है केंद्र सरकार इसके लिये पचास प्रतिशत से लेकर नब्बे प्रतिशत तक अनुदान देगी इस योजना के तहत प्रदेश के चौदह जिलों में औद्योगिक कलस्टर स्थापित किये जायेंगे जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद के लिये सामान्य सुविधा केंद्र बनाये जायेंगे इन केंद्रों पर उत्पादों के लिये कच्ची सामग्री प्रशिक्षण और बैंक ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उत्पादित वस्तुओं के लिये बाजार खोजने तक व्यवस्था उपलब्ध रहेगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वारा कैबिनेट सचिवालय विभाग में डेढ़ हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिये कल से आवेदन भरे जायेंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन के लिये लिंक आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीएसएससी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर कल से उपलब्ध रहेगा रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क तीस नवम्बर तक स्वीकार किये जायेंगे जबकि ऑनलाइन आवेदन पांच नवम्बर से चार दिसम्बर तक किया जा सकेगा तीन श्रेणी के पदों पर होने वाली इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को पैंतीस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा प्रदेश में मौसम में परिवर्तन आनेसे डेंगू का प्रकोप अब काफी कम हो गया है पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि कल केवल दो मरीजों को भर्ती कराया गया है उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के बाद डेंगू का प्रकोप और भी कम हो जायेगा सीबीएसई ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिये संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है इसके अनुसार सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की परीक्षायें पंद्रह फरवरी से शुरू हो सकती है जबकि मुख्य विषयों की परीक्षायें दो मार्च से शुरू होंगी प्रदेश के विभिन्न जिलों में गोपाष्टमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है इस दिन लोग गायों की प्रजा अर्चना और सेवा करते हैं हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर गोपाष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं

दरमंगा शहर के मिर्जापुर में स्थित गोशाला में उत्सवी माहौल बना हुआ है लोग अपने अपने घरों से यहाँ आकर गायों को आहार दे रहे हैं इस अवसर पर गोशाला परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है आकाशवाणी समाचार के लिये दरमंगा से मैं मणिकांझ झा मैट्रिक परीक्षा दो हजार बीस में शामिल होने के लिये राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों में सात नवम्बर से दसवीं कक्षा के छात्रों की सेंटअप परीक्षा होगी पटना के जक्कनपुर थाने की पुलिस ने डेढ़ साल बाद एक रेस्ट्रेंट में हुये चोरी का पर्दाफाश करते हुये चोरी के माल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है भोजपुर जिले के नारायणपुर बाजार में आभूषण दुकानदार हरेराम वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने सीआरपीएफ के जवान सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जिला और अनुमंडल स्तर पर चलने वाले बुनियाद केंद्रों के नौ सौ सत्रह पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिये काउंसिलिंग की प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर शुरू होगी छपरा नगर थाने के करीमचक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के बंद घर से चोरों ने करीब दस लाख की संपत्ति चोरी कर ली पूरा परिवार छठ पर्व पर एक रिश्तेदार के यहां गया हुआ था पटना के दानापुर में आज से राज्य सीनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है इसकी जानकारी बिहार जूडो संघ के सचिव रामहृदय सिंह ने दी है इंदौर में खेली जा रही छत्तीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है लीग मुकाबले में बिहार ने छत्तीसगढ़ और दादर नगर हवेली को पराजित किया आगामी छह से दस नवम्बर तक भागलपुर में तैंतीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने छठ पर्व के समापन संबंधित खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके साथ ही अलग अलग खबरों को भी स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने लिखा है वायु प्रकोपः भगवान भास्कर व व्रतियों के बीच धुंध बनी दीवार दैनिक जागरण की सुर्खी है उत्तर भारत में दमघोंटू आबोहवा से आफत में जान दैनिक भास्कर ने एक सकारात्मक खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुये शीर्षक दिया है आईआईटी प्रोफेसर को मेडिकल इनोवेशन की ध्रन इनकी टीम ने पचपन डिवाईस बनाकर पेटेंट लिये पांच प्रोडक्ट बाजार में आये प्रभात खबर लिखता है बिहार में छठ पूजा के दौरान डूबने से इक्यावन लोगों की मौत और अब अंत में मुख्य समाचार पटना में वायु प्रदूषण का स्तर चार गुना बढ़ा

केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के चौदह जिलों में स्थापित किये जायेंगे

और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गोपाष्टमी का त्योहार